प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ करने में लगा दी है हिमाचल प्रदेश में आज अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सडकों पुलों इमारतों सुरंगों आदि का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशष जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सशस्त्र बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्यजनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना और उनकी रक्षा से जुड़े साजों सामान हो वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकों इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है देश की रक्षा जरूरतों देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढकर और कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि आधुनिक किस्म के कई हथियारों का स्वदेश में ही उत्पादन करने के लिए कानूनों में संशोधन किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा सामग्री की खरीद और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि अटल सुरंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवनरेखा बनेगी बाइट भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके इसके लिए अब भारतीय संस्थापकों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है हमें उसी तेजी से उसी रफ्तार से अपने इफ्रास्ट्रक्चर को अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थन को भी बढ़ाना है आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जन मानस की सोच का हिस्सा बन चुका है अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अटल सुरंग को सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वतपूर्ण बताया केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयक ने सत्तर साल के इतिहास में पहली बार किसानों को सही मायने में प्रधानमंत्री ने आजादी दिलायी है किसान अब कहीं भी और किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है श्रीमती ईरानी ने आज वाराणसी में कहा कि विपक्षी पार्टियां ने नये कृषि कानून का विरोध कर निन्दनीय और अशोभनीय कार्य किया है

हाथरस की घटना पर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर मुख्यमंत्री दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनने के बाद निर्भया फंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को नौ हजार करोड़ रूपया दिया गया

केन्द्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने हाथरस की घटना को निन्दनीय बताते हुए कहा कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिये उन्होंने कहा कि दूषित मानसिकता के चलते दलितों पर अत्याचार होते हैं श्री अठावले ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हाथरस जाने से पुलिस ने रोका था तो उन्हें रूकना चाहिये उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी द्राचार की घटना पर राजस्थान क्यों नहीं गये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दलित अत्याचार को खत्म करने के लिये उच्च वर्ग के लोगों को दलितों को अपनाना चाहिये उन्होंने कहा कि समाज में फैली विषमता को दूर करने की जरूरत है श्री अठावले ने हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय को सही ठहराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले क पुलिस अधीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है यह कार्रवाई इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर की गई एसआईटी ने इस मामले से जुड़े लोगों का नारको और पोलीग्राफ जांच करने का निर्णय लिया है शामली जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष जायसवाल को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा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

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक मरीज लाभान्वित किये जा स सकेंगे

उन्होंने वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर तथा मेरठ जनपद की विशेष निगरानी करते हुए इन जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किये जाने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कम रिकवरी दर वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख से नियमित संवाद बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे

उन्होंने बताया कि केंटनमेंट जोन में गिरावट आ रही है प्रदेश में आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है श्री सहगल ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत दस करोड़ तिरपन लाख से अधिक ऋण स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सैंतालीस हजार आठ सौ तेईस कोरोना के सक्रिय मामले हैं

अब तक तीन लाख छप्पन हजार रोगी पूर्णता स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये गये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अन्तिम पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है उन्होंने कहा कि सुशासन की नींव मजबूत करने अपराधों की रोकथाम एव कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्ष और संवेदनशील पुलिसिंग अत्यन्त आवश्यक है उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस ने हर परिस्थिति में दायित्वों का निर्वहन किया है कोरोना जैसी गम्भीर और वैश्विक महामारी में पुलिस बल मजबूत स्तम्भ की तरह कार्य कर रहा है

उन्होंने कहा कि आज अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए पुलिस बल के लिये तकनीक आधारित प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने क लिये कृतसंकल्पित है उन्होंने बताया कि विगत साढ़े तीन वषो में राज्य सरकार द्वारा तीन लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया वहीं सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा लिया गया है